उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा जिसके निर्माणकर्ताओं के नाम भी आज कैबिनेट ने तय किए इन दोनों परियोजनाओं से करीब साठ हजार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति नियमावली में बदलाव को भी मंजूर कर लिया है

ई स्टाम्प नियमावली में बदलाव को भी कैबिनेट ने मंजरी दे दी है लाइसेंस होल्डर स्टाम्प विकेता अब कलेक्शन सेंटर होंगे पंद्रह हजार तक के स्टाम्प बेचने की सीमा हटा दी गई है कैबिनेट ने क्शीनगर में मैत्रेय ट्रस्ट के साथ विकास योजना के एमओयू को निरस्त कर दिया है कैबिनेट ने गोरखपुर गेस्ट हाउस के सामने पंद्रह सौ वर्ग मीटर में नगर निगम का नया भवन बनाने को मंजूरी दी है इसकी कल लागत तेईस करोड़ से अधिक होगी कैबिनेट के अन्य फैसलों में प्रदेश नगर पालिका नियमावली दो हजार उन्नीस को मंजूरी रामपुर और सम्भल में ट्रांसमिशन लाइन का काम पावर ग्रिड को देने को मंजूरी मिल हैं मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये प्रदेशवासियों को बधाई दी

पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी नजर रखे हुये है प्रदेश प्रलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से कल जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के विरूद्व अब तक चौंतीस मुकदमे दर्ज किये गये हैं और सतहत्तर व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है विज्ञप्ति के अनुसार पूरे प्रदेश में साढ़े चार हजार से अधिक सोशल मीडिया पोस्टों के विरूद्व कार्रवाई की गयी है सबसे अधिक कार्रवाई दवीटर पर करीब दो हजार सात सौ पोस्ट पर की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की चौबीस तारीख को सवेरे ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मन की बात की उन्सठवीं कडी होगी एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से मन की बात के लिए अपने विचार भेजने का आग्रह किया है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि ऑनलाइन कांटेन्ट के क्षेत्र में आत्म नियमन जरूरी है ऑनलाइन कांटेन्ट फिल्म प्रमाणन और फिल्मांकन को आसान बनाने के विनियमन पर सेमिनार में उन्होंने यह बात कही इस सेमिनार का आयोजन पत्र सूचना कार्यालय ने चेन्नई में किया है अभित खरे ने कहा कि आत्म नियमन की संहिता बनाने की जरूरत है सुचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि भारत में बनाई जा रही फिल्मों के प्रति विश्व भर में गहरी दिलचस्पी ली जा रही है उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग सबसे अधिक रोजगार सूजन और राजस्व जुटाने वाले उद्योगों में से एक है मीडिया और मनोरंजन जगत बहुत तेजी से उभर रहे हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है

यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमे काम के काफी अवसर हैं

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज धार्मिक नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पवित्र स्नान के लिए श्रद्वालु उमड़ रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज शाम चार बजे से शुरू हुआ और यह कल शाम तक चलेगा अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमाँ के अवसर पर अयोध्या में पांच लाख से अधिक श्रद्वालुओं के आने की संभावना है इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा हेतु एहतियाती कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि क्षेत्र के पास हालात पूरी तरह सामान्य हैं प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरू नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रत्येक वर्ष ग्यारह नवम्बर को यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है महान स्वतंत्रता सेनानी और विलक्षण प्रतिभा के धनी मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान है